राज्य में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वालों की दर बहत्तर प्रति त से अधिक हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मार्ट सिटी मिान के तहत केंद्र और राज्य के मद से व्यय किये जाने के मामले की समीक्षा की पाक्ड़ जिले में टास्क फोर्स की टीम ने की बड़ी कार्रवाई पत्थर खादानों और क ् र म ं ीनों को किया सील

उन्होंने कहा कि तीन दशको में हर क्षेत्र में बदलाव आया है व्यवस्थाएं बदली हैं इसलिएं पुरानी शिक्षण व्यवस्था में बदलाव बहुत जरूरी है नई शिक्षा नीति नई उम्मीदों नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लायी गयी है

उन्होंने कहा कि बच्चे का मन और मस्तिष्क के विकास को लेकर इस नीति में कई प्रावधान किए गए हैं ताकि बच्चों में वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचने की क्षमता विकसित हो नई शिक्षा नीति में पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है लेकिन दूसरी भाषाओं को सीखाने पर कोई रोक नहीं है उपराश्ट्र पति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने व्यक्ति के समग्र विकास के लिए नैतिक मुल्यों की शिक्षा पर बल दिया उन्होंने कहा कि नैतिक मुल्यों की शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होना चाहिए उपराष्ट्रपति आज रामचन्द्र मिशन तथा भारत और भुटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुचना केन्द्र द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित हार्टफ्लनेस अखिल भारतीय निबंध लेखन के ऑनलाइन श्रमारम्म के मौके पर संबोधित कर रहे थे जो जुलाई से नवंबर के बीच प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है

नई शिक्षा नीति दो हजार बीस में नैतिक शिक्षा को शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा प्राचीन काल से ही हमारी शिक्षा पद्धति का अभिन्न हिस्सा रही है झारखंड कोरोना राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक हजार एक सौ बावन कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अंठावन हजार उन्नासी हो गई है इसमें बयालीस हजार एक सौ पंद्रह लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि पन्द्रह हजार चार सै सैंतालीस सक्रिय मामले हैं इसके अलावा पांच सौ सत्रह संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर बहतर दशमलव पांच एक प्रतिशत पहुंच गई है इधर चौबीस घंटे में एक हजार दो सौ चौबालीस लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इस दौरान दो संक्रमितों की मौत भी हो गई नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा तीन सौ बिरासी रांची और दो सौ चालीस पूर्वी सिंहमूम से मिले हैं जबकि स्वस्थ होने वालों की सबसे ज्यादा संख्या पूर्वी सिंहमूम से तीन सौ छप्पन बोकारो से एक सौ सैंतालीस रांची से एक सौ पन्द्रह और हजारीबाग से एक सौ छह है वहीं प्रर्वी सिंहभूम में दो संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई

जिससे देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या करीब पैंतीस लाख पचास हजार हो गई है ठीक होने की समग्र दर भी अब बढ़कर सतहत्तर दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ रही है कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या भी बीमार लोगों की तुलना में करीब तीन दशमलव आठ गुना अधिक है

अब तक लगभग पांच करोड चालीस लाख संतानबे हजार नौ सौ पचहत्तर लोगों की जांच करके भारत उच्चतम दैनिक परीक्षण करने वाले देशों में से एक बना हुआ है

क्ड्र प्रखण्ड में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा द्वारा जनस्वास्थ्य सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया वहीं सभी प्रखण्डों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों व अंचल अधिकारियों द्वारा जन स्वास्थ्य सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल द्वारा किस्को स्थित स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे जन स्वास्थ्य सर्वे का निरीक्षण किया इस स्वास्थ्य सर्वे में एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की देखरेख में चालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की उच्च रक्तचाप मध्यमेह सांस संबंधी समस्या टीबी के संदेहास्पद मामले लीवर संबंधी बीमारियों मोटापा जैसी समस्या की जांच की जा रही पोशण चाईबासा में आज महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोबा मांझी ने सोनवा प्रखण्ड कार्यालय से पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर श्रीमति मांझी ने कहा कि पोषण रथ के जरिये आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के प्रति जागरूक करने के साथ गर्भवती महिला और नवजात बच्चों के खानपान की जानकारी दी जायेगी

वरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कई निर्देश दिये श्री सोरेन ने कहा कि अर्बन सिविक एक्शन का कार्य आगे बढ़ाया जायेगा

पुलिस प्रदर्शन गिरिडीह के पचासी आंदोलनरत सहायक पुलिस जवान न्यू पुलिस लाइन से रांची के लिए पैदल निकले गिरिडीह इमरी पथ पर जोड़ा पहाड़ी के पास मुफस्सिल थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों ने जवानों को रोका तो इनलोर्गो ने बीच सड़क पर ही धरना दिया और नारेबाजी की इसके बाद घंटों सड़क जाम रहा गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने जवानों से बात कर उन्हें वापस वापस पुलिस लाइन भिजवाया जैसा कि आपको मालूम हो अपनी सेवा नियमित करने की मांग को लेकर राज्यभर के सहायक पुलिस जवान आंदोलनरत हैं बैठक साहिबगंज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त चितरंजन कुमार की अध्यक्षता में विमिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ डीएलसीसी तथा सीआरसीसी की समीक्षा बैठक आयोजित हई बैठक में इस वर्ष के प्रथम तिमाही तक कार्यो की संपुष्टि पर चर्चा की गई इस दौरान सभी बैंकों को एक्शन प्लान बना कर ऋण जमा अनुपात दर चालीस प्रतिशत करना भी सुनिश्चित किया गया था इसी क्रम में उपायुक्त चितरंजन कुमार ने बारी बारी से समी बैंकों के प्रतिनिधियों से लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा बनाई गई रणनीति तथा एक्शन प्लान की जानकारी प्राप्त की एवं अगले तीस दिनों में मानक लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य पुरा करने का निर्देश दिया

डीटीएफ के संयोजक एसडीओ प्रभात कुमार और जिला खनन पदाधिकारी ने कासिला में छापेमारी के दौरान अवैध परिवहन को लेकर पत्थर लदे आधा दर्जन ट्रैक्टर और एक ट्रक को जब्त किया गया टीम ने क्रशर मशीनों और कागजातों के अभाव में पत्थर खदानों को सील कर दिया उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से पत्थर उत्खनन में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा नितिन गडकरी केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की नीति सडक निर्माण लागत घटाने तथा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की है

लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई अब नौ अक्टूबर को होगी झारखण्ड उच्च न्यायालय ने आज जनानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तारीख नौ अक्टूबर निर्घारित की है जैसा कि आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए अलग अलग सजा सुनायी गयी थी दोशी करार हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान सुशील श्रीवास्तव सहित तीन की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में आज हजारीबाग न्यायालय एडीजे छह ने पाँच आरोपियो को दोषी करार दिया है वहीं इस मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है इस मामले में एक आरोपी फरार भी चल रहा है भूगतान राज्य में एक सौ तिरासी मदरसा शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन का भूगतान जल्द ही किया जायेगा रांची में आज हुई आज उच्च स्तरीय बैठक में वेतन भुगतान में आ रही अड़चन को दूर करने का फैसला लिया गया है इस मामले में अल्पसंख्यक मामलो के मंत्री आलमगीर आलम ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ बैठक की जिसमे शीघ्र ही जिलों को आवंटन भेज देने का निर्णय लिया गया शव बरामद कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ा तालाब से पुलिस ने आज सुबह एक युवक का शव बरामद किया है